आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें

किसानों की सहायता के लिए उनके खाते में बड़ी राशि अंतरित की गई है प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्य के किसानों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को किसान क्रेटिड कार्ड की स्विधा दी जा रही है उन्होंने कहा कि भंडारण स्विधाएं बढ़ाने के लिए बहृत क्छ किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की प्रगति के लिए उन्हें आध्निक स्विधाएं भी दी जा रही है उन्होंने कहा कि नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों को ग्मराह किया जा रहा है देश के किसान किसानों संगठन कृषि विशेषज्ञ कृषि अर्थशास्त्री कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कृषि सुधार कानून रातों रात नहीं आए अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के प्राने घोषणा पत्र देखे जाएं उनके प्राने बयान सुने जाएं पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे उनकी चिट्ठियां देखीं जाएं तो आज जो कृषि सुधार हए हैं वो उनसे अलग नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी किसानों को ग्मराह किया जा रहा है जबकि सरकार इसे बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने न सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की बल्कि अधिक मात्रा में किसानों से उनकी उपज खरीदी है कुषि मंत्री पत्र केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाये गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की श्रूआत होगी इस कानून से देश के किसान को अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो का इतिहास इसका साक्षी है श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने स्धारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना श्रू कर दिया है कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी प्राने रिकॉर्ड ट्रट गए हैं उन्होंने कहा कि जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद और बढ़ते क्रय केंद्रों पर नए रिकॉर्ड बना रही है तो क्छ लोग किसानों को झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी को रोक दिया जाएगा श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षो में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई नए कदम उठाए हैं मंत्री ने कहा कि जो मंडियां पहले से ही काम कर रही हैं वे आगे भी काम करती रहेंगी और सरकार एपीएमसी को मजबूत कर रही है और मंडियों का आध्निकीकरण किया जा रहा है सीड़स बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि स्कूल के भवनों के रूपान्तरण के साथ ही वहां पर शिक्षा और स्रक्षा का बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने से छात्रों का वर्तमान और भविष्य स्रक्षित हो सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौती रही है इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष से सम्बन्धित देश का पहला प्रशिक्षण केन्द्र खोला जायेगा उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन का अलग से मंत्रालय गठित करने वाला भी पहला राज्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों को प्राकृतिक आपदा से बचाव की जानकारी दी जानी भी समय की जरूरत है कोविड वैक्सीनेशन म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वैक्सिनेशन की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने स्कूलों के बजाय अस्पतालों और उसके आसपास के क्षेत्रों में वैक्सिनेशन सेन्टर स्थापित करने को कहा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिये कि प्रदेश में सरकारी और निजी लैब में प्रतिदिन हो रहे टेस्टों और उनकी क्षमता का विवरण उन्हें उपलब्ध कराया जाए म्ख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में टेस्टिंग बढ़ाई जाए आरटी पीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए

आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर अपनी कोविड टेस्ट रिपोर्ट के पॉजीटिव आने की जानकारी दी उन्होंने बताया कि उनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं मिले हैं और वो होम आइसोलेट हो गए हैं उन्होंने उन सभी लोगों से खूद को आइसोलेट करने और कोरोना टेस्ट करने का आग्रह किया है जो हाल के दिनों में उनके संपर्क में आये हैं

मेले को लेकर अपर जिलाधिकारी अनिल क्मार चन्याल ने मंदिर समिति के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की इसमें निर्णय लिया गया कि इस बार मंडल में देव डोलियों के मिलन के दौरान मेले के उद्घाटन की रस्म अदायगी नहीं होगी और न ही मंडल में हाट बाजार लगेगा

सभी तीर्थयात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड टेस्ट किया जाएगा लोगों को मास्क पहनना और सोशियल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना आवश्यक होगा पूरे मंदिर परिसर को भी सैनेटाइज किया जाएगा इस बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवर्द्धन शोध अन्संधान और नवाचार के लिए प्रेरणा देना है राज्यपाल से पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्तराखण्ड चैप्टर के पदाधिकारियों ने मुलाकत कर उन्हें नई शिक्षा नीति पर आधारित प्स्तक नवय्ग का अभिनंदन भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लॉकडाउन में भारतीय शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन शिक्षा को जिस प्रकार अपनाया उससे सिद्ध हो जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली नवाचार के लिए तैयार है मौसम प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है जिससे जनजीवन पर असर पड़ा है मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी इसी तरह शीतलहर चलती रहेगी राज्य में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है अगले कुछ दिनों तक हरिद्वार और उधमिसंह नगर समेत मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है इससे ड्राइविंग कर रहे लोगों को म्श्किल हो सकती है मौसम विभाग ने ब्ज्गों बच्चों गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है टिहरी झील टिहरी जिला प्रशासन ने पर्यटन गतिविधियों से अछूते प्रतापनगर क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की कवायद श्रू कर दी है जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने एसडीएम और बोट यूनियन के पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करते हए झील से सटे प्रतापनगर क्षेत्र में टूरिस्टों के लिए अस्थायी निर्माण के लिए राजस्व जमीन तलाशने के निर्देश दिये हैं चयनित स्थलों पर टूरिस्टों की सुविधानुसार मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी रेखीय विभाग के अधिकारियों और बोट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने बोट संचालकों की समस्याओं को सुना बोट लाइसेंस के मुद्दे पर जिलाधिकारी ने बोट यूनियन के अधिकारियों को बताया कि टाडा दवारा पॉल्यूशन मशीन खरीदने के लिए शासन से बजट की मांग की गयी है